ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर तथा एआईआर न्यूज वेबसाइट डब्लयू डब्लयू डब्लयू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डाट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप पर प्रसारित होगा सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि जल की एक एक ब्रेद का सद्रपयोग कर ही भविष्य के लिए जल प्रबंधन सुनिश्चित बनाया जा सकता है राजीव सैजल सोलन के जटोली मंदिर में पेयजल भंडारण टैंक के भूमि पूजन के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे

साईकिल रैली ऊना में युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से आज प्रातः एक साइकिल रैली निकाली गई रैली को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने ऊना के इंदिरा गांधी खेल परिसर से हरी इांडी दिखाकर रवाना किया यह रैली उपायुक्त संदीप कुमार के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है हमारे ऊना प्रतिनिधि राजेश शर्मा ने बताया कि साईकल रैली बंगाणा से जोगी पंगा मंदली भाखड़ा डैम्म तथा नंगल होते हुए वापिस ऊना आएगी मिताली राज ने इस अवसर पर कहा कि नशे जैसी बुराई के उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है युवा खेलकूद तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेकर नशे से दूर रह सकते है

इसके दृष्टिगत प्रशासन ने इस पुल से बंजार व आनी की तरफ जाने वाले वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया है एसडीएम बंजार मनीराम भारद्वाज ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस पुल की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं तथा आज से प्रल की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा सरवीन प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को श्रीनिवास रामानुजन स्ट्डेंट डिजिटल योजना के तहत निशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं

युवा संसद किन्नौर ज़िला के मुख्यालय रिकांगपिओ में कल ज़िला युवा केंद्र द्वारा आस पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक समसंग मसीह ने केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी दी इस अवसर पर वाद विवाद निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव से जुड़ी ख़बरों को सचित्र प्रकाशित किया है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है अंतरराष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आरंभ बजंतरियों का मानदेय बढ़ाया पंजाब केसरी लिखता है जलेब के साथ अंतराष्ट्रीय मंडी शिवरात्रि शुरू मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ अमर उजाला के शब्द हैं अंतरराष्ट्रीय मंडी में महा शिवरात्रि का भव्य आगाज़ राजदेवता माधो राय की निकली जलेब में उमड़ा आस्था का सैलाब

अजीत समाचार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है परम्परा और संस्कृति का सम्मान महत्वपूर्ण दैनिक जागरण की सुर्खी है शास्त्री भाषा अध्यापकों की भर्ती पर रोक एसएससी शिक्षकों की मांग के बाद शिक्षामंत्री ने दिए कार्रवाई के निर्देश अमर उजाला की एक अन्य ख़बर है हमीरपुर के टौणी देवी में प्रैक्टिकल परीक्षा में दसवीं के छात्र ने तीन छात्राओं पर फेंका तेजाब दिव्य हिमाचल लिखता है हमीरपुर में छात्र ने तीन छात्राओं पर फेंका एसिड

कांगड़ा की बिनवा नदी में कूड़ा डंप करने पर बैजनाथ नगर परिषद पर लगा साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्यवाही दैनिक भास्कर की एक ख़बर है दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के एक हजार एक सौ चार करोड़ के प्रोजेक्ट को दी मंजूरी